इस बैठक के दौरान निजी निवेश को प्रभावित करने वाला विनियामक माहौल बढ़ती संरक्षण प्रवृतियों के बीच निर्यात को बढ़ावा देने के उपायों औद्योगिक उत्पादन प्रचालन तंत्र सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाओं सहित कई विषयों पर चर्चा हई वित्त मंत्रालय ने कहा कि उद्योग सेवाओं और व्यापार क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने व्यापार को सरल बनाने के सम्बध मे कई स्झाव दिये है इस बैठक में वितराज्य मंत्री अन्राग ठाक्र वित्त सचिव आर्थिक मामलों बारे सचिव राजस्व सचिव वाणिज्य सचिव एवं पर्यटन सचिव भी उपस्थित रहे भारत ने आज सक्षम बह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल के जमीन पर मार करने में सक्षम प्रारूप सफलतापूर्वक परीक्षण किया यह परीक्षण ओडिसा तट से दूर चांदीपूर एकीकृत परीक्षण रेज़ से किया गया

भारत और रूस द्वाराविकसित इस स्परसोनिक क्रूज मिसाइल से देश की राष्ट्रीय स्रक्षा में और वृद्वि हई है सितम्बर में इसी तरह की मिसाइल का ओडिसा तट से ही परीक्षण किया गया था

किसानों में इज़राइली तकनीक को बढ़ावा देने व पोली हाउस तकनीक में होने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए आज करनाल के इंडो इजाराइल सब्जी उत्कृष्टता केन्द्र में दो दिवसीय राष्ट्रीय कलस्टर मीट श्रू हई हरियाणा बागवानी विभाग के महानिदेशक डा अर्ज्न सिंह सैनी ने बताया कि इस मीट मे असम पंजाब तमिलनाड़ उत्तरप्रदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ग्जरात बिहार व हरियाणा सहित इज़राइली विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे है हरियाणा बागवानी विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस राष्ट्रीय कार्यक्रम मे देश के विभिन्न बागवानी केन्द्रों मे होने वाले निरूपण के विषय में भी विशेषज्ञ अपनी प्रस्तृति देंगे जिससे एक दूसरे की तकनीकों को अपनाने में मदद मिलेगी हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून पर किसी को भी ऐतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये किसी की नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है उन्होंने आरोप लगाये कि राजनीति में पिट च्के लोग अब हिंसा का सहारा ले रहे है श्री विज ने आज अम्बाला छावनी में पत्रकारों से बात कर रहे थे

पंचकूला सहित हरियाणा के विशेष सीबीआई अदालत में आज मानेसर भूमि घोटाला मामले में स्नवाई हुई मामले के मुख्य आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हडडा सहित सभी आरोपी अदालत में पेश हये आज एक आरोपी के वकील के पिता की मृत्यु हो जाने के कारण बहस नहीं का सकी

हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री मुलचंद शर्मा ने कहा कि शीघ्र ही रोडवेज के बेड़े में एक हजार बसें शामिल करने की प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है

शेष बसे भी शीघ्र ही बेड़े में शामिल हो जाएगी कर्मचारी संघों की मांगों पर परिवहन मंत्री ने कहा कि कर्मचारी य्नियनों के पदाधिकारियों के साथ बैठकें की गई है उनकी जायज मांगों पर सहान्भूतिपूवर्क विचार किया जाएगा श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में हरियाणा राज्य परिवहन की बसों जैसी दिखने वाली निजी बसें चलने की बात उनके संज्ञान में आई है इस कारण परिवहन विभाग को राजस्व का न्कसान हो रहा है इस जिला स्तर पर कार्यरत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण महाप्रंबधक एवं आबकारी कराधान विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे संबधित जिलों में चल रही अवैध बसों को रोकने के लिए त्रन्त प्रभाव से कार्यवाई करें

हरियाणा के पर्यटन मंत्री श्री कंवर पाल ने बताया कि राज्य में फार्म ट्रिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि किसान अपने मूल कार्य के साथ साथ अतिरिक्त आय कमा सकें पर्यटन मंत्री ने आज हरियाणा पर्यटन विभाग तथा हरियाणा पर्यटन निगम की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया को यह जानकारी दी

उन्होंने बताया कि कारपोरेट समूहों के लिए यह छ्ट्टी के गंतव्य स्थल के रूप में काफी प्रसिद्ध हो रहा है मुख्य सचिव ने बताया कि ऐसे फार्म हॉऊस बालीव्ड की फिल्मों की शूटिंग तथा टीवी सीरियल निर्माताओं को आकर्षित कर रहे हैं

प्लिस ने इस सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है यह जानकारी देते प्लिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हये पटियाला के कंगारौली निवासी स्खचैन सिंह और जिला म्क्तसर के जंडवाला के हरमेल के रूप में ह्ई है